आज घर घर में धन की देवी महालक्ष्मी जी का स्वागत किया जाएगा प्रदेशभर में महालक्ष्मी के स्वागत के लिए घरों को फूल मालाओं तथा रोशनी से सजाया गया है दीपावली के अवसर पर बाजारों को विशेषरूप से सजाया गया है राजधानी जयपुर के बाजार विशेष रोशनी से सरोबार नजर आ रहे है दीपावली पर की गई जयपुर की आकर्षक संजावट को देखने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक जयपुर पहुंच रहे है इस अवसर पर मन्दिरो को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है आज सुबह से ही मिठाई और पटाखों की दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है शाम को लक्ष्मी पूजन के साथ ही घरों को दीयों से सजाया जाएगा इसके बाद आतिशबाजी होगी लोकसमा अध्यक्ष और कोटा बूंदी सांसद ओम बिडला ने दीपावली के पावन पर्व पर अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के बाजारो में पहुँचकर व्यापारियों और आमजन को दीपावली की शुभकामनाएं दी राजसमंद में नाथद्वारा स्थित ॅश्रीनाथजी मंदिर में आज दीपावली पर विशेष श्रृंगार का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा वहीं प्रदेश के करौली अलवर और बीकानेर से भी दीपावली मनाए जाने के समाचार प्राप्त हुए है इससे पूर्व कल प्रदेशभर में रूप चतुर्दशी का पर्व मनाया गया केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने गांधी संकल्प यात्रा के तहत कल भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पहुंचकर जवानो को दीपावली की मिठाई खिलायी श्री मेघवाल ने सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ दीवाली मनायी उन्होंने जवानों को सम्बोधित करते हुए जवानों को प्लास्टिक तथा पॉलिथीन मुक्त भारत के लिए संकल्प दिलाया दीपावली के मद्देनजर रेलवे प्रशासन बालोतरा जयपुर और राजगीर के लिए किराया स्पेशल ट्रेन चलाएगा

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की पिछली कड़ी में राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में देशवासियों से दीपावली का त्यौहार सुरक्षित तरीके से मनाने का आग्रह किया था

इस युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए फ्रांस की सेना की टुकडी बीकानेर पहुंच चुकी है भारतीय सेना के प्रवक्ता कर्नल संबित घोष ने बताया कि दोनों देशों का यह युद्धाभ्यास आतंकवादी विरोधी अभियानों पर केन्द्रित होगा

जिले के जाजुआ गांव में पानी में डूबने से दो व्यक्तियों की मृत्यू हो गई वहीं आदर्श चवा गांव में पानी निकालते समय पैर फिसलने से एक महिला की टांके में गिरने के कारण मृत्यु हो गई

इस अवसर पर प्रदेशमर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएगें वहीं राजधानी जयपुर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा जयपूर में विधिक माप विज्ञान के दल ने कल इंडियन ऑयल कॉरपॉरेशन लिमिटेड का औचक निरीक्षण किया दल द्वारा डिपो मैनेजर को पेट्रोल पंपों पर पूर्ण मात्रा के साथ पेट्रोल और डीजल की सप्लाई दिए जाने के निर्देश दिए